पार्टी के एक प्रवक्ता के अनुसार इस दौरान प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और ब्रथ स्तर तक पार्टी की मजबूती को लेकर चर्चा की जाएगी बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता माजूद रहेंगे इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कल पांवटा साहिब में जनसमस्याएं भी सुनी और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया स्वास्थ्य परामर्श केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नये कोरोना वायरस से खुद को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें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 सभी व्यक्तियों को बार बार साबुन पानी से हाथ धोने चाहिए अथवा अल्कोहल मिश्रित पदार्थ से हाथ मलने चाहिए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

इस दौरान परीक्षाएं निर्धारित समय सारिणी के मुताबिक चलती रहेंगी इस बीच शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने स्पष्ट किया है कि ये अवकाश केवल विद्यार्थियों के लिए ही रहेगा उन्होंने कहा कि स्कूलों कालेजों और विश्वविद्यालयों सहित अन्य शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों व गैर शिक्षक कर्मचारियों को कार्यालय आना होगा मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर भागों में आज दिन की शुरूआत खिली धूप के साथ हुई है हालांकि पिछले दिनों हुई बर्फबारी व वर्षा से सुबह शाम कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी से अधिकांश सड़कें बंद हैं जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने कोरोना वायरस से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

अमर उजाला लिखता है शिमला में दो धरोहरों एडवांस्ड स्टडी गेयटी थियेटर में पर्यटकों के प्रवेश पर लगाई रोक दिव्य हिमाचल के शब्द हैं इटली से लौटा कोरोना संदिग्ध सोलन में भर्ती दैनिक जागरण का शीर्षक है भाजपा सतर्क प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में नमस्ते से किया अभिवादन

पांवटा साहिब में प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक पर अमर उजाला ने खबर दी है भाजपा का नमस्ते नारा मिशन रिपीट का लिया संकल्प वहीं आपका फैसला ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस सरकार नहीं बार बार भाजपा का दौर शुरू दिव्य हिमाचल लिखता है पांवटा में धंसा सीएम का हेलीकाप्टर अनहोनी टली

दैनिक सेवरा टाइम्स की एक खबर है हिमाचल के शहरी इलाकों में बदलेंगे भवन निर्माण के नियम फर्जी डिग्री मामले पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है आज कोर्ट में पेश किए जाएंगे मानव भारती के तीनों अरेस्ट कर्मचारी